प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए आपसी और बहुपक्षीय प्रयास और तेज करेंगे जर्मनी की चांसलर एंजला मर्केल से शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद दिए वक्तव्य में श्री मोदी ने ये बात कहीं बाइट विश्व की गंभीर चुनौतियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में समानता है इन विषयों पर हमारे बीच विस्तार से चर्चा शाम को जारी रहेगी आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए हम बायलेटरल और मल्टीलेटरल सहयोग को और घनिष्ठ बनाएगें प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देश ई मोबिलिटी स्मार्ट सिटी अंतर्देशीय जल मार्गों और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में अवसर जुटाने पर भी कार्य कर रहे हैं

बाइट हम जर्मनी को आमंत्रित करते है कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर में अवसरों का लाभ उठाएं भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है

उन्होंने भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के लिए बधाई दी इससे पहले पांचवें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में दोनों देशों के बीच नई प्रौद्यागिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि तटीय प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका पारम्परिक स्वागत किया सुश्री मर्केल के साथ संघीय सरकार के कई मंत्री और सचिव तथा एक उच्चस्तरीय व्यापार शिष्टमंडल भी आया है इससे पहले उन्होंने राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि परंपरागत ईंधन से चलने वाले सभी पांच लाख सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई वाहन में परिवर्तित किया जाएगा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में खरीदे गए इलैक्ट्रिक वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये ई वाहन सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ने से रोकने में काफी सहायक होंगे बाइट शहरों में खास करके जहां लाखों वाहन चलते है वहां ई व्हीकल ज्यादा हो ये जरूरी है और इसके लिए भारत सरकार ने ई व्हीकल लेने वाले को सब्सिडी दिया है प्रोत्साहन दिया है इंसेंटीवाइस किया है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रदूषण का स्तर घटाने के कई उपाय किए हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह निजता के अधिकार सहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने यह भी कहा है कि निजता भंग करने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी एक ट्वीट में केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार संदेश भेजने से संबद्ध मंच व्हाट्स एप पर निजता के उल्लंघन के प्रति चिंतित है उन्होंने बताया कि सरकार ने व्हाट्स एप से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस रूप में निजता का उल्लंघन हुआ है और करोड़ों भारतीयों की निजता की रक्षा के लिए यह संस्थान क्या उपाय कर रहा है आईटी मंत्री ने कल व्हाट्स एप को पत्र लिखकर सोमवार तक विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा है यह कदम उस समय उठाया गया जब व्हाट्स एप की ओर से कहा गया कि इजरायली स्वाइवेयर पेगासस के जरिए कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर जासूसी कर रही हैं भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं

नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने बताया कि श्री मोदी थाइलैंड के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर जा रहे हैं और कल बैंकॉक के राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश कल लखनऊ में लोक भवन में गृह विभाग के एक प्रस्तुतीकरण के दौरान दिये उन्होंने कहा कि इसके लिये आवश्यक मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा कर लिया जाये

इस अवसर पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में पुलिस की बैरक विवेचना कक्ष हास्टल ट्रांजिट हास्टल और आवासीय तथा अनावासीय भवनों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस संबंध में निर्माण कार्यो के लिये इस वित्तीय वर्ष में दो हजार एक सौ अट्टानवे करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है उन्होंने कहा कि पहली बार प्रलिस विभाग में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कम्रियों के लिये आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नव गठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा तीस नवंबर तक बढ़ा दी है आयकर विभाग के नीति निर्माण निकाय न यह निर्णय जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने के कारण लिया

लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन आज खरना के रूप में मनाया जा रहा है

छठ महापर्व को लेकर प्रदेश के पूर्वी भाग में नदियों पोखरों और जलाशयों के घाटों पर रौनक बढ़ गई है राज्य के कुशीनगर सहित अन्य स्थानों पर घाटों को बड़े आकर्षक ढंग से सजाया गया है आज निर्जला उपवास क साथ शुरू हुई छठ की पूजा अर्चना के अन्तर्गत कल शाम अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जायेगा और रविवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत सम्पन्न होगा इस अवसर पर प्रशासन ने घाटों की सफाई सुथराई के साथ वहां सुरक्षा के कड बंदोबस्त किये हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में उन्होंने कहा कि छठ पर्व प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देने वाला है छठ पूजा के माध्यम से सामाजिक समरसता और सौहार्द में वृद्धि होती है दीपावली के बाद से वायु प्रदूषण और स्मॉग के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है जिसमें प्रदूषण से निटपने के उपायों पर विचार किया जायेगा

प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है कल देश के दस सर्वाधिक प्रद्रषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के आठ शहर शामिल है इनमें से ज्यादातर इलाके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हैं कल देश में सर्वाधिक प्रदूषित स्थान गाजियाबाद था जहां वायुप्रद्रषण का मानक चार सौ बयासी एक्यूआई मॉपा गया इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा नोएडा हापुड़ बागपत मेरठ कानपुर और बुलन्दशहर भी सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में शामिल थे वाराणसी में आगामी बारह नवम्बर को देव दीपावली का पर्व मनाया जायेगा इस अवसर पर ग्यारह लाख दीयों से गंगा के घाटों पर रौशनी होगी कल वाराणसी में देव दीपावली के पर्व के आयोजन की तैयारियों की बैठक के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक विजय भूषण ने सभी घाटों पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करने के निर्देश दिये

पुलिस का व्यवहार लोगों और सैलानियों के साथ सद्भाव पूर्ण रखने के लिये कहा गया सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थानान्तर्गत कटघरा चिरानी पट्टी गांव में आज एक शौचालय के गढ्ढे की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से पांच मजदूरों की मौत हो गई जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है